उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों से बातचीत भी करेंगे

आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास पीएसी पुलिस बल के लिए बैरकों का निर्माण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में बहुउद्देश्यीय सभागार का आधुनिकीकरण और पर्यटन स्थलों का विकास शामिल हैं सीएम योग प्रदेश में नई शिक्षा नीति में योग शिक्षा को अनिवार्य किया गया है साथ ही राज्य के हर विद्यालय में योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय योग परिषद के मध्यप्रदेश चैप्टर द्वारा आयोजित एक दिवसीय वेबिनार का शुभारंभ करते हुए यह बता कही उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग रामबाण है कोरोना संकट काल में पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है हमें योग का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर पीड़ित मानवता को इस भीषण संकट से बचाना है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि योग को हमारी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाने की जरूरत है मिलावट अभियान प्रदेश में मौजूदा त्यौहारी सीजन के दौरान मिलावटखोरों और राज्य में नकली खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा अभियान के तहत नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी

मंत्रालय ने कहा है कि पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्यप्रदेश तेलंगाना आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद भी की जा रही है

मतगणना के दौरान मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं

अधिकतकर मतगणना स्थलों पर बडी स्कीन के जरिए मतगणना के प्रत्येक चरण जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि मतगणना स्थल पर भीड़ एकत्र न हो सके दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है

वहां पर जिला प्रशासन द्वारा मतगणनाकर्मियों को वोटों की गिनती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है कर्मचारी बीमा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एफिडेविट फॉर्म के जरिये दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है मंत्रालय ने बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह छूट दी गई है मंत्रालय ने कहा है कि यदि ऑनलाइन दावा करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किये जा सके हों तो इनके प्रिंटआउट पर हस्ताक्षर कर जमा कराया जा सकता है

इन्दौर अतिक्रमण जिला प्रशासन ने कल अतिकमण हटाने की बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम डंदौर जम्बूढ़ीहप्सी में नामदेव दास त्यागी कम्प्यूटर बाबा द्वारा शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया कम्प्यूटर बाबा प्रदेश में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे एसडीएम हातोद शाश्वत शर्मा ने बताया कि अनाधिकृत कब्जा पाये जाने पर राजस्व प्रशासन द्वारा इनके विरुद्ध दो हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए अनाधिकृत कब्जे से बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया गया था शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की गई है वहीं कार्यवाही में बाधा उत्पन्न किए जाने पर कंप्यूटर बाबा को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए कुल सात व्यक्तियों को जेल भेजा गया है

मौसम ठंड प्रदेश में सर्दी का असर अब बढ़ता जा रहा है अभी तक केवल रात के तापमान में ही गिरावट दर्ज की जा रही थी

कल सुबह से राजधानी भोपाल के आसमान में हल्की धूंध छाई रही इस वजह से तापमान नहीं बढ़ सका

प्रदेश के रीवा और शहडोल संभागों में सामान्य से काफी कम और सागरजबलपुर और होशंगाबाद संभागों में सामान्य से कम तापमान रिकार्ड किया गया

कल फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार